बैठक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का दायरा बढ़ाकर इसमें सभी किसानों को शामिल करने का फैसला किया गया इससे पहले इस योजना का लाभ दो हेक्टयर भूमि वाले किसानों को मिलता था

अभी तक साढ़े तीन करोड़ किसानों को इस योजना से लाभ पहुंचा है प्रधानमंत्री किसान योजना के अन्तगर्त किसानों को तीन किस्तों में प्रतिवर्ष छह हजार रूपये दिए जा रहे हैं बैठक में प्रधानमंत्री किसान पेंशन के नाम से एक नई योजना को मंजूरी दी गई यह योजना स्वैच्छिक और अंशदान के आधार पर देशभर के सभी लघु तथा सीमात किसानों के लिए है

इस योजना का उद्देश्य सभी दुकानदारों खुदरा व्यापारियों और स्वरोजगार करने वालों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है इन लोगों को साठ वर्ष आयु होने पर प्रतिमाह न्यूनतम तीन हजार रुपये की पेंशन दी जाएगी रक्षा कोष छात्रवृत्ति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय रक्षा कोष के अन्तर्गत प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि में वृद्धि को मंजूरी दे दी है उन्होंने छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की राशि प्रति माह दो हजार रूपये से बढ़ा कर ढाई हजार रूपये और लड़कियों की छात्रवृत्ति दो हजार दो सौ पचास रूपये से बढ़ाकर तीन हजार रूपये प्रति माह कर दी है इस छात्रवृत्ति योजना के दायरे में आतंकी और नक्सली हमलों में शहीद होने वाले राज्य पुलिस के बच्चों को भी शामिल कर लिया गया है

राष्ट्रीय रक्षा कोष के अन्तर्गत सशस्त्र बलों अर्ध सैनिक बलों और रेलवे सुरक्षा बल के शहीद कर्मियों या पूर्व सैनिकों की पत्नियों और पुत्र पुत्रियों के बीच तकनीकी और स्नातकोत्तर की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया है

आर्थिक सर्वेक्षण चार जुलाई को संसद के पटल पर रखा जाएगा जबकि केन्द्रीय बजट पांच जुलाई को पेश किया जाना है विश्व तंबाकू दिवस विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर कल प्रदेश में तम्बाकू सेवन के दुष्परिणामों से लोगों को अवगत कराने के लिये कई कार्यकम आयोजित किये जाएंगे गुना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें विश्व तंबाकू निषेध दिवस के उद्देश्यों की जानकारी दी गई साथ ही तंबाकू उत्पादों के दुष्परिणामों को भी बताया गया

उधर खरगोन में आयोजित शिविर में तंबाकू छोड़ने के उपाय बताये गये बड़वानी छिन्दवाड़ा खंडवा देवास शिवपुरी भिंड मुरैना उमरिया नरसिंहपुर सहित विभिन्न जिलों से विश्व तंबाके निषेध के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाने के समाचार मिले हैं

किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग ने कल सभी कलेक्टरों को पत्र जारी कर उपार्जन की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में कई ऐसे किसान है जो अभी तक अपनी उपज का विकय नहीं कर पाये थे उपार्जन की तिथि बढ़ने से ऐसे किसानों को इसका लाभ मिलेगा शौर्य फिल्म प्रदर्शन भोपाल स्थित शौर्य स्मारक में भारतीय सेना के शूरवीरों को समर्पित शौर्य फिल्मों का प्रदर्शन किया जा रहा है

रमजान खजूर रमजान महीने में बुरहानपुर के रोजेदार छह देशों की खजूर से रोजा इफ्तारी कर रहे हैं खजूर विक्रेता व्यापारियों के अनुसार सऊदी अरब इंडोनेशिया कीनिया इराक दुबई आदि देशों से आयातित खजूर शहर में खासी पसंद की जा रही है इन खजूरों की खासियत यह है कि यह आम खजूर की तरह नहीं होती बल्कि इनकी विशेष पैकिग और आकर्षक बनावट रहती है इसमें मिठास के साथ ही ये शरीर के लिए काफी पौष्टिक होती है

गौरतलब है कि खजूर से रोजा खोलना बहत ही महत्वपूर्ण माना जाता है मौसम गर्मी प्रदेश में नौतपा ने लोगों को बेहाल कर दिया है आसमान से आ रही तपती किरणों के चलते भोपाल सहित प्रदेश के कई शहर तेज गर्मी से झलस रहे हैं

शेष संभागों के जिलों में मौसम शुष्क रहा प्रदेश के छतपुर एवं ग्वालियर जिलों में तीव्र लू तथा रीवा सतना सीधी टीकमगढ़ दमोह उमरिया रायसेन राजगढ़ खंडवा खरगौन शाजापुर दतिया गुना व श्योपुर कलां में लू का प्रभाव रहा

मौसम विभाग ने सागर छतरपुर दमोह और खरगोन में तीव्र लू चलने की आशंका जताई है किकेट नॉटिंघम में कल विश्व कप क्रिकेट में वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को सात विकेट से हरा दिया टॉस जीतकर वेस्टइंडीज ने गेंदबाजी का फैसला किया